राज्य में कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है अबतक छह लाख तैंतालीस हजार से ज्यादा नमूनों की हई जांच में छह लाख दस हजार दो सौ उन्नासी लोगों की निगेटिव रिपोर्ट आई है वहीं तैंतीस हजार तीन सौ ग्यारह पॉजिटिव मामले मिले हैं इनमें बाइस हजार चार सौ छियासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दस हजार चार सौ तिरसठ संक्रमितों का इलाज चल रहा है इस दौरान तीन सौ बासठ लोगों की कोरोना से मौत होने की भी पुष्टि स्वास्थय विभाग ने की है कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर सड़सठ दशमलव पांच शून्य प्रतिशत हो गयी है राज्य में सबसे ज्यादा रांची से छह हजार पांच सौ चौरासी और पूर्वी सिंहमूम से पांच हजार छह सौ चौवन पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वहीं स्वस्थ होनेवालों की भी सबसे ज्यादा संख्या रांची में तीन हजार छह सौ बावन और पूर्वी सिंहभूम से तीन हजार तीन सौ बिरासी है कोरोना से सबसे ज्यादा एक सौ अंठावन मौते पूर्वी सिंहभूम में हुई है जबकि सबसे ज्यादा दो हजार नौ सौ छिहत्तर सक्रिय मामले रांची में हैं

वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय के डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का उदघाटन कर रहे थे ऐप के माध्यम से एनसीसी कैडटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में यह ऐप एक सकारात्मक कदम है चतरा जिले में कोरोना संकट को देखते हुए सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर जिला प्रशासन द्वारा द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं

इस मांग पत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए शीघ्र कानून बनाने पत्रकारों पर हो रहे हमलों को रोकने एवं पीड़ित परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पत्रकारों पर मुकदमों के पहले सक्षम पदाधिकारी द्वारा जांच कराने के बाद कार्रवाई करने के साथ पत्रकारों को कोरोना योदधा का दर्जा देने की मांग की गई है

जेईई मेन की परीक्षा पहली से छह सितम्बर तक होगी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

सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एम के सेन इस परिचर्चा में भाग लेंगी

केंद्रीय वित्तमंत्री ने आज इक्कतालीसवीं जीएसटी परिषद की बैठक को वीडियों कांफ्रेंगिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था आसधारण परिस्थितियों का सामना कर रही है जिसकी वजह से आर्थिक संकृचन हो सकता है

गिरिडीह जिले में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक विक्रम कुमार को चौदह हजार रुपए घूस लेते रंगेहाथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज गिरफ्तार कर लिया एसीबी ने इस गिरफ्तारी के बाद अधीक्षण अभियंता विभाष चंद्र पाल को भी गिरफ्त में ले लिया

एसीबी के पुलिस अधीक्षक कुमार रविशंकर ने बताया कि रिश्वत के इस मामले को लेकर तलाशी अभियान जारी है रामगढ़ जिले में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के सिलसिले में आज से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ दो दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी सामुदायिक संगठनकर्ता एवं सामुदायिक संसाधन सेविकाएं शामिल हुईं नगर विकास विभाग की ओर से उन्हें बताया गया कि निकाय स्तर पर श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत करने के साथ उन्हें साल में सौ दिन रोजगार उपलब्ध कराना है

सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी अधिक खतरनाक है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोशिएशन ऑफ इंडिया आईएएमएआई द्वारा आयोजित वर्जुअल समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज से शांति भंग होने की आशंका होती है उन्होंने कहा कि सरकार ने फेक न्यूज पर अंकुश के लिए वास्तविक जांच दल गठित की है जो डिजिटल माध्यम पर पेश की गई सूचनाओं की जांच पड़ताल करेगा टोक्यों ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में चुने गए आकाश ने ना सिर्फ खुद बल्कि अपने गांव के दर्जनों बच्चे बच्चियों को भी निशानेबाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड के लुपुंग गांव के रहने वाले आकाश ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से वे अपने घर में शूंटिंग रेंज बनाकर अभ्यास कर रहे हैं रांची चतरा पलामू और लातेहार समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुककर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने तीस अगस्त तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और वजपात होने का पूर्वानुमान जताया है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से यहां बारिश हो रही है इधर पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित लीलाजन नदी में आई बाढ़ की वजह से छह लोग बह गए जिनमें एक महिला और एक पुरुष है वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के प्रतापपुर गांव में बाढ़ आने से कई घर डूबे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उपायुक्त को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया है

चाईबासा कोषागार से हुई निकासी से यह मामला जुड़ा है

वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी हुई है